विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों के चयन की कवायद अंतिम चरण में दोनो ही दलों में आम सहमति बनाने के प्रयास

वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रगतिशील सुधारों के कार्यान्वंयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्वायत्तता को लेकर छिड़े विवाद के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करती है और दोनों पक्षों के बीच समय समय पर होने वाले विचार विमर्श के अंतिम निर्णय को ही सार्वजनिक किया जाना चाहिये वित्त मंत्रालय द्वारा कल जारी वक्तव्य में कहा गया है कि आरबीआई अधिनियम के तहत प्रदत्त केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता शासन के लिये जरूरी है सरकार और आरबीआई दोनों की कार्यप्रणाली लोकहित और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिये इस उद्देश्य के साथ सरकार और आरबीआई के बीच समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होता है सरकार ने कभी भी विचार विमर्श की विषयवस्त् को सार्वजनिक नहीं किया सिर्फ अंतिम निर्णय ही सार्वजनिक किये जाते हैं

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि मुख्य रूप से गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और विदेशी मुद्रा में उतार चढाव के कारण करनी पड़ी है

रेलमंत्री पीयुष गोयल ने कहा कि फ्लेक्सी किराया समाप्त हो जाने से यात्रियों और रेलवे दोनों को लाभ होगा देश में अगले साल एक जनवरी से पंजीकृत सार्वजनिक वाहनों पर उनकी स्थिति का पता लगाने वाले उपकरण ओर आपात बटन लगाना जरूरी होगा

उपकरण लगाने की यह व्यवस्था ई रिक्शा तथा ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगी मंत्रालय का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है लोकेशन ट्रेकिंग उपकरण के जरिए वाहन की निगरानी की जा सकेगी इसी तरह से आपात बटन का इस्तेमाल विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य किया गया है इस साल के अंत तक पंजीकृत वाहनों में यह उपकरण लगाने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एकता शिविर का उद्घाटन किया केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित तीन दिन के इस शिविर में देशभर के केन्द्रीय विद्यलयों के छात्रों को संस्कृति परम्परा कला और राज्यों की धरोहर को जानने का अवसर मिलेगा

दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कांग्रेस स्कीनिंग कमेटी के सदस्यों ने कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चुने हए नामों पर चर्चा की

दूसरी ओर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कल प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर के आवास पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की

राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान सुगम मतदान थीम के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिये निर्वाचन विभाग कई तरह के नवाचार कर रहा है पाली में इसी के तहत एक मोबाईल नम्बर जारी किया गया है जिसमें संदेश भेजकर मतदाता मतदान संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है

श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में आतंकवाद रोधी दल एटीएस और सेना की खुफिया शाखा इंटेलिजेंस विंग एमआई ने सेना में भर्ती का झांसा देकर कई बेरोजगारों से ठगी करने वाले एक आरोपी को कल गिरफ्तार किया उसके पास से सेना की फर्जी मोहरे भी जब्त की गई है वह हर अभ्यर्थी से तीन लाख सत्तर हजार रूपये वसूलता था उसने पांच जिलों में लगभग पचास अभ्यर्थियों से करीब एक करोड़ रुपए की ठगी की है